इन योजनाओं में समस्त नियमित स्थाईकर्मी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी तदर्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों को शामिल किया गया है अन्ग्रह योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ता ग्राम कोटवार इत्यादि कर्मी भी सम्मिलित होंगे वहींअन्कम्पा निय्क्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है कोवैक्सीन प्रभाव देश में विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाये गये कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कारगर साबित हआ है मेडिकल जर्नल क्लीनिकल इंफेक्शस डिजीज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के म्ख्य वैरियंट्स को बेअसर करने में सफल है राष्ट्रीय विषाण् संस्थान और भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने यह अध्ययन किया था

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने यह स्निश्चित किया है कि कोविड की द्रसरी लहर के कारण देश में विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है

म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में चल रहे किल कोरोना अभियान ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन की जानकारी दी प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार मध्यप्रदेश की हर संभव सहायता करेगी

अशोकनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तथा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल में आरोग्य अभियान चलाया जा रहा है खंडवा में नेहरु य्वा केंद्र द्वारा जिला य्वा अधिकारी श्रीमती पूजा कौशिक के निर्देशन में खंडवा जिले के सभी सातों ब्लॉक मैं रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है

उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि मेहनत करने वाले की रोजी रोटी चले

इसका लाभ ज्यादा होगा आपको पूरा दाम मिले ये हमारी ड्यूटी है वनोपज कई बार औने पौने दाम में ले लिया जाता था इसलिए हमने कई चीजों महए के फूल से लेकर अचार के बीज तक के मूल्य तय कर दिए है श्री चौहान ने कहा कि लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रु तेंद्रपत्ता तोड़ने वाले मजदूर भाई बहनों को मिलेंगे इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा शहडोल व्यवस्थाएं शहडोल जिले में कोराना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है जिले में नए पुराने मिलाकर लगभग एक हजार आक्सीजन वाले बेड तैयार किये जा रहे हैं

दो और आने वाली हैं

कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिला चिक्तिसालय में एक अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया जा रहा है जिला अस्पताल में सिटी स्केन मशीन काम करने लगी है जल्द ही मेडिकल कॉलेज में भी यह ब्यवस्था श्रु हो जायेगी जिले को आक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही अर् बैंक सखी उमरिया जिले मे कोविड संक्रमण के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्य् जारी है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्व सहायता समूह और बैकों से लेन देन हेत् निय्क्त प्रशिक्षित ग्रामीण सखियां लोगो की सहायता में आगे आ रही है ये बैंक सखियां गांव में ही पैसे निकालने की स्विधा उपलब्ध करा रही है

मौसम चक्रवात ताउते ने अति भीषण रूप ले लिया है यह आज रात गुजरात तट को पार कर सकता है इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम भी बदल गया है

कई निचली बस्तियों में पानी भर गया